प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा है कि सीमा सुरक्षा बल बड़ी बहाद्री से देश की सीमा की रक्षा कर रहा है उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा और संकट की स्थिति में बी एस एफ कर्मियों ने हमेशा नागरिकों की सुरक्षा के लिए कठिन परिश्रम किया है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बधाई संदेश में बीएसएफ को सीमाओं और देश की सुरक्षा का रखवाला बताते हुए कहा है कि रेत से बर्फ तक किसी भी मौसम में मातभूमि की सेवा करने की प्रतिबद्धता वास्तव में प्रेरणा दायक है श्री शाह ने बीएसएफ जवानों के साहस और बलिदान की सराहना भी की पेंशन योजना केन्द्र सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे लोगों के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत एक करोड लाभार्थियों को पंजीकृत करने का अभियान शुरू किया है श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने पेंशन सप्ताह के अवसर पर कल एक कार्यक्रम में यह अभियान शुरू किया उन्होंने कहा कि दोनों योजनाएं सरल और बाधारहित हैं इनमें पंजीकरण के लिए आधार कार्ड बचत बैंक खाता या जन धन खाते की जरूरत होगी मासिक अंशदान सबसे कम स्तर पर पचपन रुपये से दो सौ रुपये के बीच रखा गया है और यह लाभार्थी की उम्र पर निर्भर करेगा

उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षक जो या तो पढ़ाना नहीं चाहते या पढ़ाने में अक्षम हैं उन्हे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी

इसमें भी अनुउत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया है मिशन इंद्रधन्ष पाँच वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए कल से आगामी चार माह तक प्रदेश में विशेष अभियान मिशन इन्द्रधनुष चलाया जायेगा इसके तहत लगभग एक लाख बच्चों और तीस हजार गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है

खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में सघन मिशन इंद्रधनुष के बारे में संदेश देने के लिये जनजाग्रति रैली निकाली गई इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं खास्थ्य अधिकारी बी एस चौहान ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया रैली में जन्म से दो वर्ष तक के छटे हए बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कराने का संदेश दिया गया अन्य जिलों में भी जनजाग्रति रैलियां और कार्यक्रमों के आयोजित होने की खबर है एड्स दिवस आज विश्व एड्स दिवस है यह एचआईवी वायरस के संक्रमण से होने वाले रोग के प्रति जागरूकता बढाने और उसके खातमे के लिये एकजुटता व्यक्त करने का दिन है यह दिन एडस से ग्रस्त लोगों के प्रति सहयोग और समर्थन का अवसर भी प्रदान करता है इस वर्ष विश्व एड्स दिवस की थीम है कम्यूनिटीज़ मेक द डिफरेंस यानि सामुदायिक प्रयासों से फर्क पड़ता है इस अवसर पर आज प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं भोपाल में हाफ मैराथन और राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया खण्डवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर में भी जानलेवा बीमारी एड्स के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए रैली का आयोजन किया गया उधर देवास जिले में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं शाजापुर उमरिया शहडोल अनूपपुर रीवा राजगढ़ शिवपुरी कटनी भिण्ड मुरैना बैतूल निवाड़ी अशोकनगर गुना विदिशा रायसेन और सीहोर सहित विभिन्न जिलों में विश्व एड्स दिवस पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

जिसमें नगद में किसानों को खाद बेंचने की सुविधा दी गई है